प्रधानमंत्री निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे भारत को व्यापार का आकर्षक केन्द्र बनाए जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे एक अंग्रेजी दैनिक को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में निवेश के साथ विकास को बढ़ावा देना है सरकार इस दौरान सौ लाख करोड़ रुपए को निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार घरेलू और विदेशी दोनों ही स्रोतों से निवेश बढ़ाने के लिए कारगर नीतियां अपना रही है श्री मोदी ने कहा कि यह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और उदार बनाया जाएगा साथ ही श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा व्यापार को सुगम बनाने के अधिक उपाय किए जाएंगे और बिजली क्षेत्र में सुधार को वरीयता दी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को भारत के विकास यात्रा में अवश्य भरोसा रखना चाहिए और वे भारत को व्यापार का बेहतर स्थान बनाने के हरसंभव उपाय करेंगे

इस कार्यक्रम का संचालन साहसिक नायक बेयर ग्रिल्स करेंगे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया यह कार्यक्रम पर्यावरण परिवर्तनों और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा इस कार्यक्रम को डिस्कवरी नेटवर्क के चैनलों पर एक सौ अस्सी से अधिक देशों में एक साथ देखा जा सकेगा मुख्यमंत्री मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब हर सप्ताह सांसदों और विधायकों से मिलेंगे मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों से मुलाकात के लिए प्रत्येक मंगलवार का दिन तय किया है भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों के बीच क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर एक बजे तक सांसद और विधायक मुख्यमंत्री से मिल सकेंगे नीतेश साहू पुरस्कार छत्तीसगढ़ के नीतेश साहू को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मुंगेली जिले के लोरमी निवासी नीतेश को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए हर वर्ष ये पुरस्कार राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों को दिये जाते हैं

बताया जाता है कि इस इलाके में माओवादियों ने सड़क मार्ग बाधित करने के लिए पेड़ काटकर गिरा दिया था सुरक्षा बल के जवान जब इसे हटाने पहुंचे तब यहां घात लगाए बैठे माओवादियों ने दो बार आईईडी विस्फोट किए सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल की ओर भाग गए बाल मित्र कक्ष अक्सर अभिभावक बच्चों की शरारत रोकने उन्हें पुलिस का नाम लेकर डराते हैं जिससे बच्चों में पुलिस की नकारात्मक छवि बन जाती है इस छवि को बदलने दुर्ग पुलिस ने बाल मित्र कक्ष के रूप में एक अभिनव प्रयोग किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए आज दुर्ग जिले के पुराने भिलाई थाने में बाल मित्र कक्ष का शुभारंभ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत अच्छा प्रयोग है बच्चों को यह संदेश मिलेगा कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है वो तो अभिभावक की तरह उनका ख्याल रखती है मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल मित्र कक्ष की स्थापना से केवल बच्चे ही नहीं बल्कि थाने आने वाला हर नागरिक पुलिस के संवेदनशील चेहरे को महसूस कर सकेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग की सफलता के लिए नागरिकों से अधिकतम संवाद जरूरी है उन्होंने कहा कि थाने के भय मुक्त माहौल में बच्चे खुलकर अपनी बात भी रख सकेंगे इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस के इस प्रयोग से बच्चों के मनोविज्ञान में पुलिस की सकारात्मक छवि इससे बनेगी और इस तरह के नवाचारों से पुलिसिंग मजबूत होगी पुलिस विभाग के अनुसार जिले के आठ थानों में बाल मित्र कक्ष बनाये गए हैं इन थानों में भिलाई पुरानी भिलाई पाटन जामुल दुर्ग मोहन नगर पुलगांव उतई शामिल हैं इन्हें खूबसूरत तस्वीरों से सजाया गया है सुंदर सुंदर खिलौने रखे गए हैं सांप सीढ़ी लूडो जैसे इनडोर गेम्स रखे गए हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए किताबें रखी गई हैं इन थानों में महिला आरक्षक भी होंगी जो बच्चों का ध्यान रखेंगी बाल मित्र कक्ष में खाना खजाना का कोना भी रखा गया है राज्यपाल राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी आदिवासी समाज की भाषा और बोलियां को संरक्षित करने पर जोर दिया है यह बात राज्यपाल ने नई दिल्ली में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट और इंडिया इंडिजनस पीपुल्स सहित अन्य संस्थाओं द्वारा किया गया ट्रेन प्रभावित जयपुर रेलखंड में आध्निकीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पंद्रह से पच्चीस अगस्त तक उत्तर पश्चिम रेलवे की कुछ एक्सप्रेस गाडियों का परिचालन प्रभावित होगा इसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ गाडियों के परिचालन पर भी पड़ेगा रेलवे के अनुसार अटठारह और उन्नीस अगस्त को दुर्ग अजमेर तथा बीस अगस्त को अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी वहीं बाईस अगस्त को बिलासपुर बीकानेर और पच्चीस अगस्त को बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन नहीं होगा दुर्घटना रायपुर बिलासपुर सड़क मार्ग पर बीती देर रात हुए एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक युवाओं का एक जत्था बीती रात रावाभांटा से कांवड़ यात्रा लेकर सोमनाथ मंदिर के लिए निकला था इसी दौरान कोलहन नाला के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ यात्रा में शामिल चार युवकों को ठोकर मार दी जिसमें से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है वहीं बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में हुए एक अन्य हादसे में भी दो युवकों की मौत हो गई यह दुर्घटना तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर सात फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाने की वजह से हुई

आज सुबह से ही राज्य के सभी शिव मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्वा का जनसैलाब उमड़ पड़ा है राजधानी रायपुर के महादेव घाट सहित अन्य मंदिरों में आज भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जा रहा है रायपुर के समता कॉलोनी से महादेवघाट के लिए निकली कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए वे कुछ दूर तक कांवड़ उठाकर कांवड़ियों के साथ चले कावड़ यात्रा में शिव पार्वती की झांकी और नंदी के रथ के साथ ढोल और नगाड़ों की थाप के बीच युवा झूमते हुए नजर आए वहीं महासमुंद जिले की ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में भी आज हजारों कांवड़ियों ने गंधेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया इसके अलावा बलौदाबाजार गरियाबंद सहित अन्य मंदिरों में भी बोल बम के जयकारे के साथ कांवड़ियों ने भगवान का अभिषेक किया ईद उल अजहा ईद उल अजहा का पर्व आज प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है कुर्बानी के इस त्यौहार पर राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी ईद के मद्देनजर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास पुलिस बल भी तैनात किया गया था राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम समाज सहित आम जनता को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी और उत्तरी इलाके के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है प्रदेश के बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्वी और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके प्रभाव से आगामी अड़तालीस घंटों के दौरान कम दबाव का एक क्षेत्र सक्रिय होगा जिससे मानसूनी गतिविधि बढ़ेगी राजधानी रायपुर में बादल आंशिक रूप से छाए रहेंगे एक दो बार गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है

इसका शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण से करेंगे